उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया श्री मोदी ने वीडियो काफ्रस के जरिए आज बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चितोरा झील के निर्माण कार्य की आधारशिला रखने के अवसर पर यह बात कही बाइट ऐसे अनेक नायक नायिकाओं को वो स्थान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे इतिहास रचने वालों के साथ इतिहास लिखने के नाम पर हेरफेर करने वालों ने जो अन्याय किया उसे अब आज का भारत सुधार रहा है सही कर रहा है गलतियों से देश को मुक्त कर रहा है आप देखिये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे क्या उनकी इस पहचान को आजाद हिंद फौज के योगदान को वो महत्व दिया गया जो महत्व नेता जी को मिलना चाहिए था प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव का जन्मोत्सव हमारी खुशियों को और बढ़ा रहा है हमारे संस्कारों के लिए ढाल बनकर खड़े होने वाले महानायक महाराजा सुहेलदेव जी का जन्मोत्सव हमारी खुशियों को और बढ़ा रहा है मुझे करीब दो साल पहले गाजीपुर में महाराजा सुहेलदेव जी की स्मृति में डाक टिकट जारी करने का अवसर मिला था आज बहराइच में उनके भव्य स्मारक के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है ये आध्रनिक और भव्य स्मारक ऐतिहासिक चितौरा झील का विकास बहराइच पर महाराजा सुहेलदेव के आर्शीवाद को बढ़ाएगा आने वाली पीढियों को भी प्रेरित करेगा महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे जबकि राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से भाग लिया परियोजना के तहत महाराजा सुहेलदेव की घोडे पर सवार मूर्ति के निर्माण के अलावा कैफिटेरिया गेस्ट हाउस और बच्चों के पार्क का भी निर्माण किया जायेगा श्री मोदी ने कहा कि आज शुरू होने वाले निर्माण कार्य लोगों को प्रेरित करेंगे और मेडिकल कॉलेज के खूल जाने से पूर्वांचल क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा बेहतर होगी

साथ ही गोरखपुर और बरेली में एम्स का भी काम चल रहा है

वाराणसी में आधुनिक कैंसर अस्पतालों की सुविधा भी अब पूर्वाचल को मिल रही है

श्री मोदी ने राज्य में विकास और पर्यटन की संभावनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में ज्यादा पर्यटक आते हैं बाइट उत्तर प्रदेश तो पर्यटन और तीर्थाटन दोनों के मामले में समृद्ध भी है और इसकी क्षमताएं भी अपार है चाहे वह भगवान राम का जन्म स्थान हो या कृष्ण का वृन्दावन हो भगवान बद्ध का सारनाथ हो या काशी विश्वनाथ संत कबीर का मगहर राम या वाराणसी में संत रविदास की जन्मास्थली का आधुनिकीकरण पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर काम चल रहा है

महाराजा सुहेलदेव जयन्ती के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गो के विकास और कल्याण के लिये काम कर रही है यह बात श्री योगी ने कल मुरादाबाद में कन्या विवाह सहायता योजना के तहत निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कही उन्होंने कहा कि निर्माण श्रमिकों की बेटियों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम मंडल स्तरोय आयोजन जन कल्याण और विकास के लिये समर्पित राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की जीती जागती मिसाल है श्री योगी ने कहा कि निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिये कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही है इनमें संतरविदास शिक्षा सहायता योजना चिकित्सा योजना आवास योजना निर्माण कामगार मृत्यु और दिव्यांगता तथा अक्षमता पेंशन योजना शामिल है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मरादाबाद जनपद के लिये एक सौ तिरासी करोड़ रूपये से अधिक लागत की अड़तालीस परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया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

प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा है कि टीबी रोग से ग्रसित बच्चों की देखभाल करना लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है यह बात श्रीमती पटेल ने कल जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के सभागार में रेडक्रास सोसायटी और टीबी के मरीजों को गोद लेने वाले समाजसेवी संगठनों के साथ बैठक के दौरान कही उन्होंने कहा कि टीबी रोग से ग्रसित बच्चे समाज के लिये चिंता का विषय है और जब तक समाज को इनके साथ नहीं जोड़ा जायेगा तब तक यह बीमारी नहीं जायेगी राज्यपाल ने कहा कि क्षय रोग से ग्रसित बच्चों को विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थाओं द्वारा गोद लिया जाना चाहिये

यह लक्ष्य सामूहिक प्रयास से हासिल किया जा सकता है

यह संस्थाएं टीबी ग्रसित सभी लोगों के हितों के लिये प्रयास करने के साथ साथ अच्छा पोषण और उनकी जरूरतों को पूरा कर रही हैं राज्य में अगले माह से पचास वर्ष से ज़्यादा आयु वाले लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया जायेगा प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को जानकारी दी

प्रदेशभर में आज बसन्त पंचमी और मां सरस्वती पूजा का पर्व श्रद्वा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है

रामनगरी अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू में ड़बकी लगाई और नगर के प्रमुख मंदिरों में अपने आराध्य का दर्शन पूजन किया आज ही के दिन से ऋतुराज बंसत का आगमन भी हो गया है और आज स चालीसवें दिन होली मनाई जाती है उधर मथुरा समेत पूरे ब्रज में चालीस दिवसीय होली महोत्सव का शुभारम्भ हो गया है वृदावन में ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में सुबह से ही वासंती छटा बिखरी हुई है वांसती परिधान धारण कर श्रद्धालुओं ने अबीर गुलाल और आस्था के रंगों से मंदिर परिसर को सराबोर कर दिया

औरैया जिले में हुई सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के चार लोगों की मौक पर ही मृत्यु हो गई है यह हादसा कानपुर इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर फतेहपुर गांव में आज सुबह उस समय हुआ जब एक तेज़ रफ़्तार कार सड़क क किनारे खड़े कंटेनर से बुरी तरह टकरा गई

समाप्त